इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आहवान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को श्भकामनाएं दी है साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश की जनता का आभार जताया है खंडवा में भी सेवा ही संगठन की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ है इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय की सभी कार्रवाई ख्ले आसमान के नीचे होगी वे कोरोना समीक्षा बैठक भी यहीं करेंगे म्ख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी मिंटो हाल परिसर में ही करेंगे उधर पूर्व म्ख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे नौटंकी बताया है

आगरमालवा में रेडक्रास सोसायटी ने निःश्ल्क मास्क का वितरण किया होशंगाबाद में प्रशासन बिना मास्क वाले द्कानदारों का वीडियो बनाकर उन पर कार्रवाई कर रहा हैं

शिवप्री में बिना मास्क घूमने वालों खूली जेल में ले जाया जा रहा है

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्अल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे विस च्नाव तमिलनाडु केरल और केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा और पश्चिम बंगाल असम विधानसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है तमिलनाड़ केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में असम में तीन और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आठ चरण में च्नाव हो रहे हैं तमिलनाड् में कन्याक्मारी और केरल में मल्लाप्रम संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं

प्रधानमंत्री बैठक देश में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी म्ख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे

अंत में एक अपीलहमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार